इस बीच स्थिति पूरी तरह से नियंत्रण में है कहीं से भी किसी अप्रिय घटना की सूचना नहीं है वहीं जबलपुर में रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय में आज आयोजित सभी परीक्षाएं रद्द कर दी गयी हैं इसके अलावा स्कूल व आंगनवाडी केंद्र भी आज बंद हैं इधर भोपाल कलेक्टर तरूण पिथोड़े ने नागरिकों से अपील की है कि वे शहर में शांति और सदभाव को बनाये रखे किसी असामाजिक तत्व के बहकावे में न आये जिला प्रशासन और पुलिस ने भोपाल में सुरक्षा के पर्याप्त इंतजाम किये हैं भोपाल शहर काजी सैयद मुश्ताक अली नदवी ने भी लोगों से शांति की अपील की है आज मीडिया से बात करते हुए श्री नदवी ने कहा कि आंदोलन अमन और शान्ति के साथ होना चाहिये

इसमें हम उन योजनाओं और समसामयिक विषयों के बारे में आपको वास्तविकता से रूबरू करा रहे हैं जिनके बारे में पूरी जानकारी के अभाव में आम लोग सुनी सुनाई बातों के आधार पर अपनी धारणा बना लेते हैं इस श्रृंखला में सबसे पहले आप रूबरू हैं नागरिकता संशोधन कानून के बारे में फैले भ्रम और वास्तविकताओं से नागरिकता संशोधन कानून को लेकर आम लोगों में काफी भ्रम है जानना जरूरी है के जरिए सर्वप्रथम हम ये पूरी तरह से स्पष्ट करना चाहते है कि नागरिकता संशोधन कानून किसी भी भारतीय नागरिक को किसी भी तरह से प्रभावित नहीं करता है भारतीय नागरिकों को संविधान से जो मूलभूत अधिकार हासिल है उन्हें यह या अन्य कोई कानून न तो छीन रहा है ना ही वापस ले सकता है परामर्श सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने आज एक परामर्श जारी कर टेलिविजन चैनलों से कहा है कि वे ऐसी सामग्री का प्रसारण न करें जिससे हिंसा फैलने की आशंका हो और राष्ट्र विरोधी दृष्टिकोण को बढ़ावा मिले मंत्रालय ने इससे पहले जारी एक परामर्श का जिक्र करते हुए कहा है कि कुछ टेलिविजन चैनल परामर्श की परवाह किए बगैर ऐसी सामग्री प्रसारित कर रहे हैं जो कार्यक्रम संहिता की भावना के अनुसार नहीं है मंत्रालय ने टेलिविजन चैनलों से कहा है कि वे ऐसी बातें न दिखाएं जिससे राष्ट्र की अखंडता पर असर पड़े या किसी व्यक्ति समुदाय या राष्ट्र की छवि धूमिल हो सूचना और प्रसारण मंत्रालय ने अपने परामर्श का कड़ाई से पालन करने को भी कहा है शर्मा निघन मुरैना जिले के जौरा से कांग्रेस विधायक बनवारी लाल शर्मा का आज भोपाल में निधन हो गया

आज तडके एक निजी अस्पताल में उन्होंने अंतिम सांस ली उनका अंतिम संस्कार कल गृह गांव जापथाप मे किया जाएगा मुख्यमंत्री कमलनाथ ने श्री शर्मा के निधन पर गहन दुख व्यक्त करते हुए ईश्वर से दिवंगत आत्मा की शांति की प्रार्थना की है विधानसभा में विपक्ष के नेता गोपाल भार्गव ने भी उनके निधन पर शोक व्यक्त करते हुए श्रद्वांजलि अर्पित की है पूर्व केन्द्रीय मंत्री ज्योतिरादित्य सिंधिया पूर्व मुख्यमंत्री दिग्विजय सिंह गृहमंत्री बालाबच्चन और अल्पसंख्यक कल्याण मंत्री आरिफ अकील के साथ ही पक्ष और विपक्ष के अनेक नेताओं ने श्री शर्मा के निधन पर शोक संवेदना व्यक्त की है स्वच्छता सर्वेक्षण इंदौर नगर निगम चौथी बार देष में सबसे स्वच्छ षहर का तमगा हासिल करने के लिए स्वच्छता जल संरक्षण और संवर्धन के लिए लगातार प्रयास कर रहा है

आकाशवाणी संवाददाता ने बताया है कि यह दल ओडीएफ यानी खुले में शौच के साथ साथ वॉटर प्लस जिनमें कुएं बावड़ी तालाब और पानी के स्त्रोतों के रखरखाव के अलावा मलजल षोधन संयंत्रों का भी अवलोकन करेगा

बताया जा रहा है कि आरोपी लम्बे समय से मिलावटी दूध का कारोबार कर रहे थे

इसका उद्घाटन कल फिल्म अभिनेता राजा बुंदेला करेंगे